कानपुर में आज हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गजेन्द्र सिंह शेखावत डॉक्टर हर्षवर्धन आर के सिंह प्रह्लाद पटेल मनसुख मंडाविया तथा हरदीप सिंह पुरी के अलावा केन्द्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद थे

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिये सुझाव दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की नदियों को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जा रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा गंगा नदी के कायाकल्प के लिये औद्योगिक अपशिष्टों का प्रभाव कम किया गया है

एक गंगा सफाई का कार्यक्रम इतने अद्भुत तरीके से उत्तराखंड से लेकर बंगाल को जहा सागर में मिलती है गंगा

राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन से जुड़ी एक प्रदर्शनी को देखा जिसमें गंगा की सफाई के लिए किये गये कार्यों को प्रदर्शित किया गया था ब्यौरा हमारे संवाददाता से बैठक के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री गंगा बैराज के पास नवनिर्मित अटल घाट पहुंचे और गंगा सफाई के लिए हाल के वर्षो में किए गए कार्यों का जायजा लिया प्रधानमंत्री ने शीश मऊ नाले का भी निरीक्षण किया जो गंगा में गिरने वाला सबसे बड़ा और सबसे पुराना डाला था जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है

राजेश श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार कानपुर रवि मित्तल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय म सचिव बनाया गया है

श्री मित्तल अमित खरे का स्थान लेंगे जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग म सचिव नियुक्त किया गया है श्री मित्तल इस समय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं प्रदेश में आज विभिन्न जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें आपसी सुलह समझौतों के आधार पर वादों का निस्तारण किया गया जौनप्र में जिला न्यायाधीश ओपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पांच हजार से अधिक वादों का निस्तारण किया गया

भदोही में आयोजित लोक अदालत में छह हजार से अधिक लोन खाता धारकों को नोटिस देकर बुलाया गया था जिसमें विभिन्न बैंकों के लगभग साढ़े चार सौ खाता धारकों से लगभग एक करोड़ रूपये मौके पर ही जमा कराये गये इस लोक अदालत में उन खाता धारकों को आमंत्रित किया गया था जो लम्बे समय से ऋण लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं कर रहे थे

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी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

सभी वाहनों के लिए स्वातः भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत प्रीपेड रिचार्जेबल फास्टैग कल सुबह आठ बजे से अनिवार्य हो जाएगा सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलैक्श्न सिस्टम शुरू किया है

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन सिस्टम की व्यवस्था कर दी है टोल प्लाजा में दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन लेन में बगैर फास्टैग के चलने वाले वाहनों को दोग्ना शुल्क देना पड़ेगा प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में सर्द हवा चलने और बादलों के छाये रहने से सर्दी में इजाफा हुआ है प्रदेश में आज मुजफ्फनगर और मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा जहां तापमान आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में आगामी दिनों में लोगों को बारिश से तो राहत मिलेगी लेकिन बादलों के छाये रहने और शीतलहर का दौर अभी जारी रहेगा इस बीच जौनपुर सिद्धार्थनगर पीलीभीत बदायूं और अमरोहा में शीतलहर के चलते कक्षा एक से लकर आठ तक के स्कूल पन्द्रह दिसम्बर तक के लिये बंद कर दिये गये है वहीं कुछ जनपदों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही उत्तर प्रदेश को रोग मुक्त बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में अपना कार्य कर रही है परन्तु जन सहभागिता भी आवश्यक है वह आज राजभवन में उत्तर प्रदेश क्षय निवारक संस्था की वार्षिक समापन बैठक की अध्यक्षता कर रही थी राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को विद्यालय के बच्चों क स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये जिससे वे रोगी बच्चों के पोषण के लिये अधिक सजग रहे इस अवसर पर उन्होंने स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को अपने अपने क्षत्र में क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद लेने का अनुरोध किया प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी तेईस दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया हैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश में किसान गोष्ठी किसान प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी और किसानों को सम्मानित भी किया जायेगा इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पिछले रविवार को हुई केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों का खंडन किया है

सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि परीक्षा श्रू होने से डेढ़ घंटे पहले पर्चे लीक होने की खबर भ्रामक और आधारहीन है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत पार्टी के विभिन्न मोर्चो के जिन पैंतालीस प्रमख कार्यकर्ताओं को जिला प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अपने प्रवास वाले जिलों में सप्ताह में दो दिन जरूर प्रवास करे लखनऊ में कल पार्टी मुख्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने भी ग्राम स्वराज अभियान से जुड़े मोर्चा के पदाधिकारियों से अब तक किये गये प्रवास की जानकारी हासिल की तीस जनवरी तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत अधिक से अधिक ग्रामीणों से सम्पर्क करने के लिये पदाधिकारियों को कहा गया है मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किये गये लोगों में भारत के पांच नाइजीरिया के दो और अमरीका तथा इंडोनेशिया के एक एक नागरिक शामिल हैं